मास्क पहनें दो गज़ की दूरी है जरूरी सुरक्षित दूरी बनाए रखें हाथ और मुंह साफ रखें राज्यपाल कलराज मिश्र के अभिभाषण के साथ विधानसभा का बजट सत्र आज से शुरू हो गया है राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में सरकार की विभिन्न योजनाओं का जिक्र किया राज्यपाल ने कहा कि कोरोना के दौरान सरकार ने हर वर्ग को राहत देने का काम किया साथ ही हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत किया गया और कोरोना मरीजों की जांच तथा उपचार की बेहतरीन सुविधाएं उपलब्ध कराई गई

राज्यपाल ने कहा कि मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना कोरोना काल में अत्यंत उपयोगी साबित हुई

राज्यपाल के अभिभाषण के दौरान सीपीआईएम के बलवान पूनिया ने किसानों के आंदोलन को लेकर लगातार हंगामा किया और वैल में आ गए सदन की कार्यवाही के बाद विधानसभा में बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की बैठक में आने वाले दिनों में सदन के कामकाज को लेकर चर्चा हुई

विधानसभा स्पीकर सीपी जोशी की अध्यक्षता में हुई बैठक में प्रतिपक्ष के नेता गुलाबचंद कटारिया संसदीय कार्यमंत्री शांति धारीवाल सहित अन्य सदस्यों ने भाग लिया

स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि एक करोड पांच लाख से भी अधिक कोरोना संक्रमित ठीक हो चुके हैं

प्रदेश में कोविड टीकाकरण अभियान के दूसरे चरण में आज भी फ्रंट लाईन वर्कर्स को टीके लगाए गये जयपुर जिला कलेक्टर अंतर सिंह नेहरा ने बताया कि दूसरे चरण के अन्तर्गत जयपुर जिले में टीकाकरण से शेष रहे हैल्थकेयर और फ्रंटलाइनर्स को आज और कल वैक्सीन लगाई जाएगी जा रही है

केन्द्र सरकार की ओर से कोरोना के विरूद्व जन जागरूकता आंदोलन चलाया जा रहा है इसी के तहत आकाशवाणी जयपुर के समाचार बुलेटिनों में प्रसारित की जा रही विशेष श्रृंखला जनता का संदेश जनता के नाम के तहत जालोर जिले के हड़ेतर के पताराम भील ने देशवासियों से कोरोना महामारी से सावधान रहने और भीड़भाड़ से बचने की अपील की है उन्होंने सभी से टीका लगवाने का भी आग्रह किया है हमारे अन्य श्रोता भी कोरोना जनजागरूकता आंदोलन से जुड़ सकते हैं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

हादसे में दो लोग गंभीर रूप से घायल हो गए ये सभी लोग सांचौर के डड्सन गांव के रहने वाले थे जो मुकाम स्थित विश्नोई समाज के तीर्थ स्थल जा रहे थे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ट्वीट कर हादसे में मारे गये लोगों के परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त की है एक अन्य द्र्घटना में टोंक में बजरी से भरे ट्रैक्टर ने मोटरसाईकिल को टक्कर मार दी जिससे तीन लोगों की मृत्यू हो गई पूर्व केन्द्रीय मंत्री राजेश पायलट की जयंती के मौके पर आज उन्हें श्रद्धापूर्वक याद किया जा रहा है इस अवसर पर आज दौसा के जीरोता मंडाना में हुए कार्यक्रम में उनकी प्रतिमा पर फूल चढ़ाये गये

दुनिया भर में विख्यात जैसलमेर के मरू मेले के आयोजन के लिये राज्य सरकार ने स्वीकृति दे दी है